पिछले दस दिनो में मरने वालो की संख्या एक सौ पंचानंवे से अधिक पार कर गई है अलपुजा त्रिस्सूर और एर्नाकुलम जिलों के विभिन्न स्थानो में लोग बिना खाये पीये अपने घरो में फंसे हुए है सरकारी आंकड़ो के अनुसार इडुक्की जिले में सबसे अधिक तैंतालीस लोगो की मृत्यु हो चुकी है पूरे राज्य में छह लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए है सेना नौसेना वायु सेना तटरक्षक और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों सहित सैकड़ो मछुआरे और स्थानीय लोग राहत कार्यो में जुटे हुए है बचाव और राहत कार्यो में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान सबसे अधिक योगदान कर रहे है राज्य की अधिकतर नदियों का जलस्तर घटने लगा है पेरियार नदी का जलस्तर पांच फीट नीचे घट गया है अनेक क्षेत्रो से बाढ़ का पानी घटने लगा है रेल विभाग ने तिरुअनंतप्रम और एर्नाकुलम के बीच यात्री सेवा बहाल कर दी है राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो तीन दिन में वर्षा की तेजी में कमी होगी

बैठक में देश और अन्य क्षेत्रो में पत्रकारो के कार्य प्रणाली में सुधार जैसे मुद्दो पर चर्चा की गई

अमर सागंनो ने बताया कि राज्य सरकार को पत्रकारो के लिए पेंशन योजना तैयार करने हेतु असम सरकार द्वारा हालिया फैसले के मुताबिक संघ के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है

सैकड़ो लोगो ने इस शिविर में हिस्सा लिया शिविर के दौरान लोगो के स्वास्थ्य जांच के साथ साथ एस टी पी आर सी जन्म और आय प्रमाण पत्र आधार नामांकन जैसे सेवाए भी विभिन्न विभाग द्वारा प्रदान किया गया लोगडिंग जिला उपायुक्त वी एस मलीक ने बताया कि आगामी सत्ताइस और अट्ठाइस अगस्त को न्गिनो गाव के लोगो के लिए भी इसी तरह का शिविर आयोजित किया जायेगा

यह इस कार्यक्रम की सैंतालीसवी कड़ी होगी श्री मोदी ने टवीट कर कहा है कि लोग नरेंद्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते है

रिकाँर्ड किए गए कुछ संदेशो को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है

दस मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में रवि कुमार और अपूर्ती चंदेला की जोड़ी ने चार सौ उन्तीस दशमलव नौ अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया दस मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में मनु भाकर और अभिषेक वर्मा की जोड़ी फाइनल के लिए क्वालीफाई नही कर सकी कुश्ती में फ्री स्टाइल श्रेणी में संदीप तोमर मौसम खत्री और बजरंग पुनिया क्वार्टर फाइनल में पहुच गए है जबकि क्वालीफिकेशन दौर में सुशील कुमार को हार का सामना करना पड़ा है तैराकी में श्री हरि नटराज सौ मीटर बैकस्ट्रोक के और साजन प्रकाश ने दो सौ मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है नौकायन में मलकीत सिंह और ग्रकिन्दर सिंह की जोड़ी ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है कबड़डी में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है पुरुष टीम ने बांग्लादेश को पचास इक्कीस से हराया जबकि महिला टीम ने जापान को मात दी बैंडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में मालदीव को हरा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टवीट में अपूर्वी चन्देला और रवि कुमार को एशियाई खेलों में दस मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कास्य पदक जीतने पर बधाई दी है पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है